केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों को कैंसर मधुमेह हृदय और मस्तिष्क संबंधी रोगों की रोकथाम को राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्वीकृति दी गई है

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज हमीरपुर जिला के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नेरी स्थित ठाकुर जगदेव चंद स्मृति शोध संस्थान में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऋषि परंपरा विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे मुख्य सचिव मुख्य सचिव श्रीकान्त बाल्दी ने इन्वेस्टर्स मीट के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों को लेकर कल शिमला में सचिवों और विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से चर्चा की

हुंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्कूलों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था व आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर विशेष बल दे रही है

मौसम प्रदेश के उंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में वर्षा से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है लाहौल स्पिति किन्नौर और कुल्लू जिले की उंची चोटियों पर रूक रूक कर बर्फबारी हो रही है जिससे लोगों को मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है इधर राजधानी शिमला सहित इसके आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं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

दैनिक जागरण की सुर्खी है स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल को पहला पुरस्कार दिव्य हिमाचल का शीर्षक है जयराम सरकार को स्टेट ऑफ दि स्टेट्स अवार्ड

जबकि आपका फैसला के अनुसार मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उठाए प्रदेश के मुद्दे दैनिक भास्कर की एक खबर है ऑरिसन फार्मा तीन साल के लिए ब्लैक लिस्ट अस्पतालों में दवा सप्लाई पर लगी रोक केंद्र ने खारिज किया प्रदेश सरकार को राहत जारी रखने का प्रस्ताव शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल को दालों पर सबसिडी बंद

मौसम पर पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमाचल में बर्फबारी शून्य से नीचे गिरा पारा अमर उजाला का शीर्षक है बर्फबारी के चलते सूबे की तीन धार्मिक यात्राएं बंद दैनिक जागरण के शब्द हैं पहाड़ों पर बर्फबारी रोहतांग फिर बंद आपका फैसला के अनुसार बर्फबारी से रोहतांग दर्रा यातायात के लिए बंद

नमस्कार